इसके बाद दोपहर बाद तीन बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा शोक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड़डा सहित कई अन्य नेताओं ने सुषमा स्वंराज के निधन पर शोक व्यक्त किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने शोक संदेश में कहा कि देश ने एक बहुत ही प्रिय नेता खो दिया है जो सार्वजनिक जीवन में गरिमा साहस और ईमानदारी का प्रतीक थीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया ने कहा कि सुषमा स्वराज का निधन देश के लिए एक बड़ी क्षति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुषमा स्वराज के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके जाने से भारतीय राजनीति का एक शानदार अध्याय समाप्त हो गया है इस बीच राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी सुषमा स्वराज के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने अपने टवीट संदेश में कहा है कि उनके निधन से भारत और भाजपा दोनों को अपूर्णीय क्षति हुई है समिति विधानसभा की लोक लेखा समिति ने कल हमीरपुर में विभिन्न विभागों के ऑडिट पर विस्तृत चर्चा की ये समिति इन दिनों प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्रवास पर है समिति की सभापति आशा कुमारी ने विभागों को सरकार द्वारा आबंटित की गई राशि का सही उपयोग करने पर बल दिया उन्होंने उम्मीद जताई कि बैठक के सार्थक परिणाम सामने आएंगे

इसका मुख्य उदेश्य पैंशनरों की पैंशन संबंधी शिकायतों का जल्द निपटारा करना है एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार प्रदेश में सभी विभागों के विभागाध्यक्ष इस दिन पैंशन अदालतों का आयोजन करेंगे एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की वितायोग के अध्यक्ष के साथ नई दिल्ली में हुई मुलाकात से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल के मंडी हवाई अड्डे के लिए केंद्र से मांगे दो हजार करोड़ दिव्य हिमाचल के शब्द हैं मंडी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को मांगे दो हजार करोड़ दैनिक भास्कर का शीर्षक है इंटरनेशनल हवाई अड्डे के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से मांग दो हजार करोड़ दैनिक सवेरा टाइम्स ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है मंडी हवाई अड्डे के लिए दो हजार करोड़ रूपये दे केंद्र

पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन से जुड़ी खबर को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है पंजाब केसरी ने खबर दी है टीसीपी एक्ट में संशोधन कर सकती है सरकार सभी निकायों पर एक जैसे नियम लागू होंगे जबकि हिमाचल दस्तक ने लिखा है गैर जरूरी नियमों को हटाएगी जयराम सरकार सचिव समिति की बैठक में मॉनसून सत्र में लाने पर चर्चा स्कब टायफस से आठ वर्षीय बच्ची की मौत शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है इस साल बीमारी से प्रदेश में अब तक चार की मौत इसी समाचार पत्र के अनुसार प्रदेश सरकार के अधीन ही रहेगा गगरेट का शिवबाड़ी मंदिर

अमर उजाला की एक खबर है हिमाचल में अब पांचवीं आठवीं में फेल होंगे विद्यार्थी कल कैबिनेट में लगेगी मुहर